प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कमिश्नर्स कलेक्टर्स तथा मेडिकल कॉलेज के डीन से चर्चा करते हए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के लिए अभियान में जनप्रतिनिधियों समाज सेवियों और धर्म ग्रूओं का सहयोग लें साथ ही जन जन को मास्क का उपयोग करने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और टीकाकरण के लिए प्रेरित करें म्ख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि होली त्यौहार में बड़ी संख्या में श्रमिक साथी अपने पैतृक ग्रामों और नगरों में लौटेंगे उन्होंने मनरेगा तथा अन्य योजनाओं में पर्याप्त रोजगार देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये म्ख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों के इलाज की प्ख्ता व्यवस्था स्निश्चित की जाए

इन सभी ने कल प्रदेश स्तरीय ग़ह प्रवेश कार्यक्रम के माध्यम से ग़ह प्रवेश किया गरीबों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्वता के कारण जिले प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्रों में बनकर तैयार हो गये है

मल्लखंब स्पर्धा खेल और य्वा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मल्लखंब हमारी मूल विधा है और इस विधा में हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की अलग पहचान बनाएँ इसके लिए शीघ्र ही मध्यप्रदेश राज्य मल्लखम्ब अकादमी स्थापित की जाएगी खेल मंत्री कल टीटी नगर स्टेडियम स्थित मार्शल आर्ट हॉल में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय मल्लखंब प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर बालक और बालिका वर्ग में ओवर ऑल चैम्पियन बनने का गौरव उज्जैन ने प्राप्त किया जबकि उप विजेता के खिताब से शाजाप्र को नवाजा गया संपूर्ण प्रतियोगिता में बालक वर्ग में भोपाल के प्रणीत यादव तथा बालिका वर्ग में उज्जैन की शिवानी किलोरिया को चैम्पियन ऑफ चैम्पियन अवार्ड से सम्मानित किया गया

कार्यक्रम में सभी नागरिकों का प्रवेश निःश्ल्क रहेगा

चना बेचने के लिए किसानों के पास आज से एसएमएस भैजे जा रहे हैं

यह इस साल का सर्वाधिक आंकड़ा है

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार